भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्याक्ष डॉ के सिवन ने कल बताया है कि अंतरिक्ष यान में मौजूद द्रव इंजन तब तक फायर करता रहेगा जब तक अंतरिक्ष यान चंद्रमा के गुरूत्वाकर्षण में प्रवेश नहीं कर जाता है

इसके बाद यह चंद्रमा के धरातल के और करीब आ जाएगा

उन्होंने ट्रम्प को बताया कि क्षेत्र के कुछ नेता भड़काऊ बयान और भारत विरोधी हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं जो कि शांति के लिए अच्छा नहीं है इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने आतंक और हिंसा से मुक्त वातावरण तैयार करने और सीमा पार आतंकवाद रोकने के महत्व पर जोर दिया

वहीं वाशिंगटन में व्हाइट हाउस ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने पर जोर दिया

इस दौरान उन्हें अमारात के सबसे बड़े नागरिक सम्मान आर्डर आफ जायेद से भी सम्मानित किया जाएगा

वहां जाने वाले वे भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं अपनी यात्रा के अंतिम चरण में फ्रांस में होने वाले सात देशों के समूह के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे मेट्रो प्रोजेक्ट भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए कल नई दिल्ली में भारत सरकार मध्यप्रदेश सरकार और मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन के बीच करार हुआ केन्द्रीय शहरी और आवास मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पूरी और प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्धन सिंह की उपस्थिति में एमओयू हुआ प्रोजेक्ट केन्द्रीय मंत्री मंडल द्वारा पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है

एक कॉरिडोर करोंद सर्कल से एम्स तक और दूसरा भदभदा चौराहे से रत्नागिरि चौराहा तक का होगा

यह बंगाली चौराहा से विजयनगर भँवर शाला एयरपोर्ट होते हुए पलासिया तक जायेगी

उन्होंने बताया कि मिलावट मुक्त प्रदेश बनाने के लिए सरकार का अभियान लगातार जारी रहेगा कल हुई मंत्री मंडल की बैठक में जुलाई महीने से भिलावटखोरों के खिलाफ चलाए गए अभियान की विस्तृत रिपोर्ट पेश की गईे

मुख्यमंत्री कमल नाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री का स्मरण करते हुए कहा है कि वे कम्प्यूटर क्रान्ति के जनक थे

मुख्यमंत्री कमल नाथ के मुख्य आतिथ्य में आज भोपाल के रवीन्द्र भवन में युवा संवाद कार्यक्रम होगा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थियों के सवालों के जवाब देंगे

खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा भोपाल इन्दौर सागर रायसेन बैतूल नीमच खंडवा धार उमरिया आगरमालवा गुना कटनी भिंड मुरैना सतना डिण्डोरी दमोह शिवपुरी और बुरहानपुर सहित सभी जिला मुख्यालयों पर सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया है

खेल मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि ग्रामीण परिवेश में पले बड़े रामेश्वर गुर्जर अच्छे धावक हैं हालांकि वे धावकों के लिये आवश्यक प्रशिक्षण और डाइट से वंचित हैं उन्होंने कहा कि गांव में नंगे पैर सड़क पर दौड़ना और ट्रैक पर जूते पहनकर दौड़ने में बहुत फर्क होता है श्री पटवारी ने कल टीटी नगर स्टेडियम में शिवपुरी जिले के ग्रामीण धावक रामेश्वर गुर्जर के ट्रायल के बाद यह बात कही श्री पटवारी ने कहा कि एक महीने बाद रामेश्वर का एक बार फिर ट्रायल होगा गौरतलब है कि कल हुए ट्रायल में रामेश्वर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाये थे भारतीय बैडमिंटन खिलाडी किदांबी श्रीकांत बी सांई प्रणीत और एचएस प्रणय ने बीडब्ल्युएफ विश्व चैंपियनशिप में जीत दर्ज करते हुए पुरूष एकल के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है स्विट्ज़रलैंड के बासेल में श्रीकांत ने आयरलैंड के न्हाट गुयेन को हराकर दूसरे दौर में अपनी जगह पक्की कर ली

खय्याम कभी कभी और उमराव जान जैसी क्लासिक फिल्मों को अपने संगीत से सजाने वाले फिल्मी दुनिया के जाने माने संगीतकार खय्याम का कल मुम्बई में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया

खय्याम के नाम से लोकप्रिय मोहम्मद जहर हाशमी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था लता मंगेशकर सहित फिल्म उद्योग की कई जानी मानी हस्तियों ने महान संगीतकार के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे संगीत के एक युग का अंत बताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि खय्याम साहब के निधन से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है

यहां आतंकी घुसपैठ के अलर्ट के बाद वाहनों की सख्ती से जांच की जा रही है